भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज एडिलेड में शुरू होगा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

वे कल नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने और शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति व्यवस्था को भी बेहतर बनाने पर बल दिया श्री सोरेन ने कचरा निस्तारण के लिए प्लांट स्थापित करने और डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था को मजबूत बनाने को कहा उन्होंने नमामि गंगे योजना की समीक्षा करते हुए राज्य भर में लगे पेड़ों की तस्वीर साझा करने का भी निर्देश दिया विभागीय पदाधिकारियों को शहरों में बने रात्रि विश्राम गृहों में दिन में दाल भात योजना प्रारंभ करने और टैक्सी स्टैंड बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ करने को कहा उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत बनाये गये शौचालयों के रखरखाव के लिए योजना बनाने का भी निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची पर घनी आबादी एवं वाहनों का अधिक दबाब कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह विकास आयुक्त केके खंडेलवाल नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे समेत कई अधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उर्जा विभाग को बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्देश दिया है ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कल उन्होंने कहा कि व्यव्स्था दुरूस्त होने से ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भर होगा और इससे राजस्व भी बढ़ेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भरता खत्म करना है उन्होंने डीवीसी कमांड एरिया में ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन बनाने में तेजी लाने को कहा इस दौरान विभाग की ओर से बताया गया कि लातेहार चतरा के बीच ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन बनकर तैयार है श्री सोरेन ने अधिकारियों को कहा कि बिजली बिल वितरण और संग्रहण की व्यवस्था बेहतर बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त हो समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अक्षय उर्जा को बढ़ावा देने पर बल दिया उन्होंने सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था को बनाने की दिशा में पहल करने को कहा

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपने अंक बेहतर करने का अवसर मिलेगा उन्होंने कहा कि विभिन्न छात्र संगठनों और अन्य से प्राप्त सुझावों के आधार पर हर साल फरवरी मार्च अप्रैल और मई में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक सौ नब्बे मामले आये स्वास्थ विभाग से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार अब राज्य में एक लाख बारह हजार एक सौ इक्कीस मामले आ चुके हैं जिनमें इलाज के बाद एक लाख नौ हजार पांच सौ बत्तीस संक्रमित लोग स्वस्थ हुए हैं राज्य में अब एक हजार पांच सौ पचासी मामले सक्रिय हैं वहीं अबतक इस संक्रमण से एक हजार चार लोगों की मौत हो चुकी है

साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गये हैं

जिला प्रशासन की ओर से इस संकमण से निपटने के लिए टीकाकरण को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है

विधायक ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से लोगों का काफी नुकसान हुआ है खासकर गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है

ऐसे परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार व्रजपात एवं सर्पदंश में मुआवजा देने का प्रावधान है उसी प्रकार कोरोना संक्रमण से मरनेवालों के आश्रितों को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मुआवजा का भुगतान किया जाना चाहिए

एसीबी ने कल प्रारंभिक जांच पीई दर्ज की एसीबी के डीएसपी सादिक ए रिजवी को मुख्य जांच पदाधिकारी बनाया गया है जबकि मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को सहायक जांच पदाधिकारी बनाया गया है यह मामला राज्य के विभिन्न जिलों से जुड़ा हुआ है जहां छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता और सरकारी राशि का गबन किया गया है इस मामले में धनबाद लातेहार गढ़वा चतरा समेत कई जिलों में प्राथमिकी पहले से ही दर्ज हैं एसीबी सरकार को अपनी पहली जांच रिपोर्ट पंद्रह दिनों में सौंपेगी श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बुधवार को विभाग के सभी निदेशालयों के कार्यों की समीक्षा की श्री भोक्ता ने पदाधिकारियों से कहा कि असंगठित कर्मकारों का अधिक से अधिक निबंधन करायें और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निबंधित लाभुकों को अधिक से अधिक लाभ दिलायें मंत्री ने श्रमिक हित में लाभुकों से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन त्वरित गति से करने पर बल दिया इसके अलावा उन्होंने खतरनाक कल कारखानों की नियमित जांच करने का भी निर्देश दिया उन्होंने बॉयलर लगे कारखानों की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा मंत्री ने सभी श्रम कार्यालयों को क्रियाशील बनाने और उन ट्रेड की पढ़ाई शुरू कराने को कहा जो झारखंड की औद्योगिक ईकाईयों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी सांसद दिलीप सैकिया कल तीन दिन के झारखंड प्रवास पर आ रहे हैं पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि श्री सैकिया पहली बार रांची आ रहे हैं इस दौरान वे पार्टी के विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे श्री सैकिया तीन दिनों तक विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे साथ ही वे प्रदेश पदाधिकारियों सांसद विधायकों जिलाध्यक्षों जिला प्रभारियों के साथ भी बैठक करेंगे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आकाशवाणी के किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि स्टेशनों को न तो डाउनग्रेड किया जाएगा और न ही रिले केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावडेकर ने कहा कि किसी ने जानबूझ कर इस मामले में अफवाह फैलाने का प्रयास किया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रंखला का पहला मैच आज एडिलेड में शुरू होगा दिन रात का यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह साढ़े नौ बजे शुरू होगा और गुलाबी गेंद से खेला जाएगा

पृथ्वी शॉ और वृद्धिमान साहा को पहले मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है वृद्धिमान साहा को इस मैच में विकेट कीपर का दायित्व सौंपा गया है टीम इंडिया ने छह बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है

भारतीय टीम में मयंक अग्रवाल पृथ्वी शॉ चेतेश्वर पुजारा विराट कोहली अजिंक्य रहाणे हनुमा विहारी ऋद्विमान साहा रविचंद्रन अश्विन उमेश यादव मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं ग्रामीण विकास विभाग में सात सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा पर नियुक्त किया जायेगा इनमें दो पद विशेष कार्य पदाधिकारी के लिए है एक पद अनारक्षित है जबकि एक अन्य पद आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार के लिए है गिरिडीह जिले के देवरी थानाप्रभारी कमार गौरव को पुलिस ने एक युवती के साथ यौण शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि युवती का बयान दर्ज कर आरोपी को गिरिडीह जेल भेजा गया है खूंटी जिले में दो अलग अलग सड़क हादसे में पांच लोग घायल हो गए जिसमें दो लोगों की स्थिति गंभीर है इन्हें प्राथमिक उपचार करने के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया

प्रभात खबर ने किसान आंदोलन सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समिति गठन किये जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है हिंदुस्तान ने रांची में अत्याध्निक ट्रांसपोर्ट नगर और बस स्टैंड बनाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है इसके अलावा अखबार ने रांची के हटिया में नाबालिग बच्ची को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किये जाने की खबर को प्रमुखता से उठाया है दैनिक भाष्कर ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच एसीबी द्वारा शुरू करने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है सुलह की राह निकालेगा सुप्रीम कोर्ट शीर्षक से दैनिक जागरण ने किसानों और सरकार के बीच चल रहे मतभेद की खबर को अपनी पहली खबर बनाया है रांची एक्सप्रेस ने झारखंड में एक माह में कोरोना वैक्सीन पहुंचने और उसेक रख रखाव की तैयारी की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए समिति बनाने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता निभाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है